आयोग ने यह निर्णय एक समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री के संबोधन से चुनाव के समय सत्तारुढ़ दल के लिए निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है भारत ने बुधवार को असाधारण क्षमता का प्रदर्शन करते हुए उपग्रहभेदी मिसाइल से अंतरिक्ष में अपने एक उपग्रह को मार गिराया था टेलीविजन रेडियो और सोशल मीडिया पर संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह जानकारी दी थी कई विपक्षी दलों ने निर्वाचन आयोग के समक्ष यह मुद्दा उठाया था विभिन्न राजनीतिक दलों ने देश भर में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में अरूणाचल प्रदेश से भाजपा का चुनाव अभियान शुरू किया श्री मोदी ने पश्चिमी सिआंग जिले में आलो में चुनावी रैली में कांग्रेस पर राज्य के विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाया श्री मोदी ने कहा कि इस चौकीदार को आजादी के सत्तर साल बाद अरूणाचल को विकास मार्ग पर लाने का मौका दिया गया एन डी ए सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र ने पांच साल में पचास हजार परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराये और चालीस हजार महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिये एक लाख से ज्यादा परिवारों के लिए शौचालय बनवाए गए सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी असम में अप्रैल के पहले सप्ताह में प्रचार शुरू करेंगे शामली के कस्बा ऊन में रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने गठबंधन की सपा प्रत्याशी तबस्सम हसन के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि राजनीतिक नेताओं के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में लम्बित आपराधिक मामले और चुनाव याचिकाएं जल्द निपटाए जाने चाहिएं उन्होंने ये मामले छः महीने या एक वर्ष के भीतर निपटाने के लिए अलग पीठ बनाने का भी सुझाव दिया है श्री नायड् आज विशाखापत्तनम में जिला न्यायालयों और बार एसोसिएशन की एक सौ पच्चीसवीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने बार एसोसिएशन से स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने का आग्रह किया क्योंकि ये सुविधाजनक और उचित है कि कार्रवाई संबंधित राज्य की राजकीय भाषा में हो निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में प्रचार सामग्रियों को हटाने के लिए चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अब तक कुल उन्तीस लाख चौबीस हजार नौ सौ उन्हत्तर यॉल राइटिंग पोस्टर्स और बैनर्स आदि सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से हटा दिये गये हैं या ढक दिये गये हैं

पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के विद्यान परिषद सदस्य चौधरी वीरेन्द सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेन्द्र नाथ पाण्डेय की उपस्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये हैं श्री चौधरी छः बार विधायक रहे हैं श्री चौधरी के साथ कई अन्य नेताओं ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की समाजवादी पार्टी ने अपने दो और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है गोरखपुर संसदीय सीट से राममुआल निषाद और कानपुर से रामकुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है इस बीच समाजवादी ने मुरादाबाद संसदीय सीट से नासिर कुरैशी के स्थान पर डॉक्टर एसटीहसन को अपना नया उम्मीदवार घोषित किया है प्रदेश में निषाद पार्टी समाजवादी पार्टी बहजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के महागठबंधन से अलग हो गई है निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और अन्य नेताओं ने कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद यह निर्णय लिया पीलीमीत जिले में बरेली हाइवे पर जहानाबाद थानाक्षेत्र के खमरिया पुल के पास आज सुबह एक कार और बस की टक्कर में पाँच लोगों की मौत हो गयी पुलिस ने बताया मरने वालों में तीन पुरूष और दो महिलायें शामिल हैं ये सभी कार में सवार थे उधर औरैया जिले में अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार कार ने आलू से लदे ट्रैक्टर ट्राली को पीछे से टक्कर मार दी जिससे कार में सवार दो लोगों की मौत हो गयी यह कार वाराणसी से दिल्ली जा रही थी